इससे संबधित आदेश और दिशा निर्देश आज हो सकते हैं जारी के राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के परिजन को एक लाख रूपये मुआवजा देने का लिया फैसला

अभी तक इसकी दर आठ सौ रूपये थी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

मास्क पहनें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 हाथ और मंह साफ रखें

इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नेशनल वार मेमोरियल पहंचे वहां उन्होंने शहीदों को श्रद्वांजलि दी इस दौरान रक्षामंत्री राजनाथ सिंह चीफ ऑफ डीफेंस स्टाफ बिपीन रावत सहित तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे

रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस अवसर पर देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है और इसकी शुरूआत नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक से हुई इस स्मारक पर रात दिन जलती रहने वाली ज्योति से चार विजय मशालें प्रज्ज्वलित की गई

राज्य सरकार ने सत्रह दिसंबर से दसवीं से बारहवीं कक्षा तक के स्कूल खोलने को मंजूरी दे दी है इससे संबधित आदेश और दिशा निर्देश आज जारी किए जा सकते हैं मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में कल हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने बैठक के बाद यह जानकारी दी श्री गुप्ता ने बताया की दसवीं से नीचे की कक्षाएं पहले की तरह ही ऑनलाइन चलती रहेंगी इसके साथ ही मेडिकल डेन्टल और नर्सिंग कॉलेज सहित अन्य सभी प्रकार के सरकारी प्रशिक्षण संस्थान खोलने को भी प्राधिकार ने मंजूरी दे दी है वहीं दूसरी तरफ कोचिंग संस्थानों को खोलने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है स्वीमिंग पुल पार्क सिनेमा घरों को अभी बंद ही रखने का फैसला लिया गया है

इससे पहले कल जेईई मेन परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी एनटीए में नोटिफिकेशन जारी किया था इसमें चार सेशन में परीक्षा आयोजित करने की जानकारी दी गई थी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एचइसी अपनी उर्जा संबधित जरूरतें पूरी करने के लिए छह मेगावाट का सोलर प्लांट लगाएगा कल एचईसी मुख्यालय में एनर्जी एफिशियंसी सर्विस लिमिटेड के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए इस संबध में कंपनी के सचिव अभय कंठ ने बताया कि इस प्लांट के लग जाने से एचईसी अपनी उर्जा संबधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सकेगा पहला सोलर पावर प्लांट एचएमबीपी के पास चिन्हित जमीन पर लगाया जाएगा इसके अलावा एक कैपिसिटर बैंक भी बनाया जाएगा जिससे प्लान्ट में उर्जा की खपत कम होगी गढ़वा जिले की सभी खराब ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया जायेगा

झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली दरों में सताइस प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव दिया है

जेवीबीएनएल ने अभी यह जानकारी नहीं दी है कि किस उपभोक्ता से कितना टैरिफ बढ़ाया जाएगा याचिका स्वीकृत होने के बाद आयोग जनसुनवाई की प्रक्रिया पूरी करेगा इसके बाद नए टैरिफ की घोषणा की जाएगी भारतीय डाक और इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक ने कल से अपने नए डिजिटल भुगतान एप डाकपे का शुभारंभ किया

आकाशवाणी के साथ विशेष भेंट में डाक विभाग के सचिव प्रदीप्त कुमार बिसोई ने कहा कि इस अभिनव एप से लोग बड़ी आसानी से पैसे का लेन देन कर सकेंगे

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कल हुई राज्य आपदो प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया है स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना ग्रप्ता ने बताया कि सर्पदंश से मरने वाले लोगों के परिजनों को भी मुआवजा देने का प्रावधान है लेकिन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है राज्य सरकार ने इसकी जानकारी देने के लिए प्रचार प्रसार करने का निर्णय लिया है झारखंड में अब कोरोना की आरटीपीसीआर जांच सिर्फ चार सौ रूपये में होगी इस संबध में स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने आदेश जारी किया है घर से सैंपल लेने के मामले में निजी लैब दो सौ रूपये अतिरिक्त शुल्क ले सकेंगे जानकारी हो कि इससे पहले राज्य सरकार ने आरटीपीसीआर जांच का शुल्क एक दिसंबर को पन्द्रह सौ रूपये से घटाकर पांच सौ रूपये किया था पड़ोसी राज्यों ने जांच की दर कम होने की वजह से सरकार ने एक बार फिर शुल्क कम करने का निर्णय लिया है निजी प्रयोगशालाओं को भी जांच की रिर्पोट संबधित व्यक्तियों के मोबाईल पर या व्हाटसअप नबंर पर भेजने का निर्णय लिया गया है झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट संतानबे दशमलव छह नौ प्रतिशत हो गई है कल दो सौ ग्यारह लोगों को संक्रमण मुक्त होने पर अस्पताल से छुट्टी मिली है अबतक एक लाख नौ हजार तीन सौ बावन मरीज ठीक हुए हैं

इनमें एक हजार पांच सौ अठहतर सक्रिय केस हैं कल कोरोना के दो सौ नौ नए मरीज मिले हैं जबकि एक मरीज की मौत होने से कृल मृतकों की संख्या एक हजार एक हो गई है अब तक प्रदेश में पैंतालीस लाख पन्द्रह हजार सात सौ तिरासी से अधिक कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है

कोरोना संक्रमण को बाद गूंज महोत्सव आयोजन को लेकर तैयारी बैठक का आयोजन किया गया

स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा कृषि के क्षेत्र में बेहतर तकनीकों के इस्तेमाल की जानकारियां भी किसानों को दी जाएंगी गूंज महोत्सव में कई नई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम भी शामिल होगा आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के निर्देशन में गूंज महोत्सव कार्यक्रम की तैयारी जोर शोर से की जा रही है तेल कंपनियों ने रसोई गैस सिलिण्डर की कीमत में पचास रूपये की वृद्धि की है रांची में घरेल गैस सिलिण्डर अब सात सौ इक्यावन रूपये पचास पैसे में मिलेगा जानकारी हो कि इससे पहले तीन दिसंबर को भी सिलिण्डर की कीमत पचास रूपये बढ़ाई गई थी इस तरह से पन्द्रह दिनों के अंदर रसोई गैस सिलिण्डर की कीमत में सौ रूपये का इजाफा हो गया है

साहिबगंज जिले के मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के बच्चा गांव के मैदान में कल शाम कम्यूनिटी प्लिसिंग सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिसमें शामिल एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा ने लोगों को बताया कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर इसकी सूचना तुरंत पुलिस को उपलब्ध करा दें उन्होंने नशा पान से दूर रहने के लोगों को सलाह दी इसर्स अपराध बढ़ता है साहिबगंज के सुर्या सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में आज सुबह आग लग गई बिजली के शार्ट सर्किट से आग लगने के बाद सबसे ऊपर के तल्ले पर रखे विद्यत उपकरण जलने लगे आग पर काबू पा लिया गया है किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है पाकुड़ में लगातार बढ़ रही ठंढ और शीतलहरी से परेशान गरीब और असहाय लोगो को जिला प्रशासन ने कम्बल देना श्रू कर दिया है उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने रेलवे स्टेशन बस स्टैण्ड सार्वजनिक स्थानों और अस्पतालों में कम्बल वितरण किया राहगीरों रिक्शा चालकों मरीजो को कम्बल दिया गया

राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में आज सुबह भी आसमान में बादल छाये रहे थे रांची में सुबह नौ बजे के बाद हल्की धूप निकल चुकी है

रांची जिले के तमाड क्षेत्र के जीलिंगसेरेंग गांव के पास कंए में एक हाथी का बच्चा गिर गया है सूचना पाकर वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची

समाप्त